इसी तरह सभी भाजपा सांसद अपने अपने क्षेत्रों में भी उपवास रखेंगे ये सांसद सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे इस बीच प्रदेश के चारों सांसद भी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में आज उपवास रखेंगे सांसद अनुराग ठाकुर बिलासपुर के युद्ध स्मारक में मौन उपवास करेंगे तथा विधायक सुभाष ठाकुर और जेआर कटवाल सहित भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे

कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने इस संबंध में कल एक बैठक में कहा कि ये कार्यकम महिलाओं व बच्चों की सेहत को समर्पित रहेगा उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रधानमंत्री वंदना योजना ओर जननी सुरक्षा योजना की जानकारी भी इस दौरान दी जाएगी नंदा अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने पॉलीथिन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के लिए कल सभी उपायुक्तों के साथ वीडियों कांफेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की उन्होंने विभिन्न हितधारक विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने पर बल दिया

इस मौके वरिष्ठ पैंशनरों को सम्मानित भी किया जाएगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है हालांकि जनजातीय जिले किन्नौर की उंची चोटियों पर बीती रात भी हल्का हिमपात हुआ केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि रोहतांग दर्रा खोलने का कार्य आज से शुरू कर दिया जाएगा

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मौसम और नाइजीरिया में बंधक हिमाचली युवकों की रिहाई से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है अप्रैल में बर्फ से लकदक हुए पहाड़ मुसलाधार बारिश

दैनिक जागरण के शब्द हैं बारिश ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद दिव्य हिमाचल का कहना है गर्मी के मौसम में ठंड से कांपे लोग दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है अप्रैल में बर्फबारी से हिमाचल कूल आपका फैसला के मुताबिक बहाली के छह दिन बाद फिर बंद हुआ रोहतांग दर्रा अजीत समाचार लिखता है रोहतांग शोलंगनाला में ताजा बर्फबारी दैनिक न्याय सेतु के शब्द हैं हिमाचल के उंचे इलाकों में हल्का हिमपात निचले इलाकों में बारिश पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है नाइजीरिया में बंधक बनाए तीनों हिमाचली युवक सुरक्षित जबकि अमर उजाला का शीर्षक है नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों के चंगुल से छड़ाए गए तीनों हिमाचली युवक दैनिक भास्कर ने लिखा है नाइजीरिया में किडनैप किए तीनों युवक रिहा जल्द लौटेंगे दैनिक जागरण का कहना है चार माह बाद लौटी खुशी दिव्य हिमाचल और हिमाचल दस्तक के लगभग एक जैसे शब्द हैं नाइजीरिया में बंधक तीनों हिमाचली रिहा परिजनों में खुशी की लहर गुड़िया मामले पर पंजाब केसरी की सुर्खी है सीबीआई ने लिए जैद्दी नेगी के वॉयस सैंपल अमर उजाला की एक खबर है हाईवे किनारों पर शौचालय नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त

अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है निजी स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट नीति जल्द जबकि दिव्य हिमाचल का कहना है निजी स्कूलों की परिवहन व्यवस्था की होगी जांच नूरपुर में मोर्टार शैल मिलने से हड़कंप दिव्य हिमाचल की एक खबर है

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सख्त कदम जरूरी में सरकार को पेयजल भंडारण टैंकों की सुरक्षा व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए ठोस नीति अपनाने की सलाह दी है